नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी अभियान जारी

जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही पटना में

तीन हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का होगा निर्माण औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में सीआरपीएफ कैम्प पर बीती रात नक्सलियों ने फायरिंग की इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है प्राप्त जानकारी के अनुसार काफी देर तक नक्सलियों और सीआरपीएफ जवानों के बीच फायरिंग हुयी इसके बाद नक्सली भाग गये इस संबंध में औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि दोनों ओर से फायरिंग हुयी और नक्सली भाग खड़े हुये उन्होंने कहा कि नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है पटना जिले की सीमाओं पर कई दिनों से लग रहे महाजाम के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गयी है जाम के कारण पटना के सीमावर्ती जिलों खासकर भोजपुर सारण और बेगूसराय जाना मुश्किल हो गया है वाहनों की लंबी लाईन कई किलोमीटर तक लगी रहती है प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र पुल और कोईलवर पुल पर गाड़ियों के फंसे होने के कारण भी परेशानी बढ़ जा रही है सत्तारूढ़ जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज पटना में होगी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होने की सम्भावना है माना जा रहा है कि जदयू द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने वाले लोकसभा की सत्रह सीटों के नाम पर भी विचार विमर्श होगा बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मुद्दे और द्रसरे राज्यों में विस्तार की रणनीति पर भी चर्चा होगी उधर कल मधेपुरा में युवा जयदू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने पर विचार होगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन और निगरानी विभाग के एडीजी सुनील कुमार झा ने नियोजन इकाईयों द्वारा फर्जी ढंग से नियोजित सभी शिक्षकों के कागजात की जांच दस फरवरी तक करने का निर्देश दिया है सभी जिलों के डीपीओ स्थापना और निगरानी के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दोनों वरीय अधिकारियों ने यह निर्देश दिया इंटर और मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी रोकने के लिये हर कॉपी के प्राप्तांक को डबल इंट्री सिस्टम से जोड़ा जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सूत्रों ने बताया कि इसके तहत हर कॉपी के अंकों की इंट्री दो कंप्यूटर में होगी इस काम के लिये दो टीमें बनायी गयी हैं इस बीच बिहार बोर्ड ने तेईस महाविद्यालयों और प्लस टू कॉलेजों की इंटर स्तरीय संवद्धता बहाल कर दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ताईस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशों के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की बावनवीं कड़ी होगी राज्य के हर जिले को एक विशेष फसल के हब के रूप में विकसित किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि फसल उत्पादन के अलावे उद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जिलों के मौसम और मिट्टी की अनुकूलता के अनुरूप विशेष फसलों के उत्पादन के लिये किसानों को बढ़ावा दिया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि विशेष फसल के उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग पैकेजिंग ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक के लिये लागत मूल्य का नब्बे प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क आवास योजना के तहत फेज टू में अप्रैल महीने से तीन हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण शुरू होगा ये सड़कें साढ़े पांच मीटर चौड़ी होंगी प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमजीएसवाई कोर नेटवर्क की सारी सड़कों को स्वीकृति मिल गयी है राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी बसावटों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना की राशि अब तेईस जनवरी तक बांटी जा सकेगी माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल ने जिलों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में राशि वितरण की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया उन्होंने तेईस जनवरी तक जिले को साइकिल पोशाक योजना की राशि निकाल लेने का निर्देश भी दिया पटना विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जा रहा है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी टॉपरों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे समारोह में विभिन्न संकायों के अड़तीस टॉपरों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जायेगा इसमें तेईस छात्राएं शामिल हैं सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के कटैयागोथ गांव के पास अपराधियो ने किताब व्यवसायी से चार लाख दस हजार रूपये लूट लिये मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के रामपुर उत्तर गांव के निकट से पुलिस ने एक सौ सैंतालीस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो तस्करों अजय कुमार और पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है दोनों मीनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है पटना पूलिस की विशेष टीम ने विपूल हत्याकांड में नामजद अभियूक्त बारा पंचायत के मुखिया प्रकाश चंद्र शेट्ठी उर्फ रूपक शर्मा को नौबतपुर थाना क्षेत्र से गिफ्तार किया है उसके साथ राकेश कुमार मिथिलेश कुमार और सन्नी कुमार को गिरफ्तार किया गया है पटना की वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से राईफल चार पिस्तौल सौ कारतूस और शराब बरामद की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है कोलकता में विपक्षी दलों की रैली से जुड़ी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है इसके तस्वीर भी प्रकाशित किये हैं हिन्दुस्तान ने अपनी सुर्खी का शीर्षक लगाया है राजीव नगर में प्रशासन ने खाली कराये जमीन एक अन्य खबर की सुर्खी है देव में सीआरपीएफ कैम्प पर नक्सली फायरिंग दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश का पैसा लूटने से रोका तो उन्होंने महागठबंधन बना लिया इसी अखबार ने जेईई मेन में गया के अभिषेक का बिहार टॉपर होने की खबर को प्रमुखता से छापा है दैनिक भास्कर ने पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड के जमीन से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है दीघा राजीव नगर में पैंतालीस साल बाद छह एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे से कराया मुक्त विरोध में आगजनी और पथराव बारह पुलिसकर्मी जख्मी प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अब मोबाइल की तरह रिचार्ज करा बिजली का कर सकेंगे उपयोग इसी अखबार ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद को जमानत मिलने की खबर को प्रमुखता दी है इसके अलावा अखबारों ने जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज अभिषेक बने बिहार टॉपर तीन साल में मीटर रीडिंग नहीं प्रीपेड से होगी बिजली बिल की वसूली आईएसआई के लिये काम करने वाले तीन सूटर गिरफ्तार से जुड़ी खबरों को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है

नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी अभियान जारी

जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही पटना में

तीन हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का होगा निर्माण